राज्य में अगले दो दिनों में मॉनसून का भी होगा प्रवेश

सीतामढ़ी जिले में एक लाख बीस हजार शौचालयों का होगा निर्माण

मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों लखीसराय बेगूसराय खगड़िया और वैशाली में आंधी पानी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है इस दौरान तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की सम्भावना है राज्य आपदा विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है इससे पूर्व कल देर रात राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई भागों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है प्रदेश में अगले छत्तीस घंटों के दौरान मानसून पहुंचने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार मानसून पहले पूर्वी बिहार पहुंचेगा जिसके बाद सोलह जून तक एक समान रूप में पूरे प्रदेश में फैल जाएगा मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने जानकारी दी है कि मानसून की रफ्तार समय से तीन दिन पहले चल रही है और पटना में पहली मानसूनी वर्षा आज या कल तक होने की संभावना है विभाग ने कहा है कि सोलह जून तक प्रदेश के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र क्शवाहा ने कहा है कि एनडीए एकजूट है और इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है पार्टी द्वारा पटना में आयोजित इफ्तार पार्टी में श्री कुशवाहा ने एनडीए से नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुये कहा कि वे एनडीए में ही रहेंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा श्री कुशवाहा को महागठबंधन में आने के न्योता देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी की अपनी जमीन खिसक गयी है इसीलिए वे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं केन्द्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन शुरू करने की योजना बना रही है केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस मिशन में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को जोड़ा जायेगा राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के माध्यम से महिलाओं खासकर नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराध के विरुद्ध प्रभावी और विश्वसनीय जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी इसके तहत समयबद्ध ढंग से कदम उठाये जाएंगे साथ ही बच्चों को संवेदनशील बनाने स्कूल पाठ्यक्रम में समूचित बदलाव व्यापक जागरूकता के लिए मीडिया अभियान पोर्न सामग्री और ऑनलाइन सामग्री के प्रसार को रोकना भी इस मिशन का उद्देश्य है सीतामढ़ी जिले में एक लाख बीस हजार शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा इसके लिए आज सुबह नौ बजे से गड्ढ़ा खोदो शौचालय बनाओ मुहिम की शुरूआत होगी सीतामढ़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि इसके तहत एक लाख बीस हजार शौचालय निर्माण के लिए एक ही दिन में गड्ढ़ा खोदा जायेगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से गिनीज ब्रक और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिले का नाम दर्ज करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मात्र मृत्यु दर के अनुपात में सतहत्तर प्रतिशत गिरावट होने पर भारत की सराहना की है भारत में मातृ मृत्यु दर उन्नीस सौ नब्बे में पांच सौ छप्पन प्रति लाख जीवित जन्म थी जो कि वर्ष दो हजार सोलह में घटकर एक सौ तीस प्रति लाख हो गई है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार शहर में लॉज या मकान में रहकर पढ़ने वाले वचिंत तबके के छात्रों को खर्च के लिए प्रति माह एक हजार रूपये देगी सरकार की इस योजना का लाभ इंटर पास करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगा सरकार उन्हें बीपीएल दर पर प्रति माह पन्द्रह किलो चावल और छह किलो गेहूँ भी उपलब्ध करायेगी उन्होंने कहा कि लॉज या किराये के मकान में रह कर पढ़ाई करने वाले सामान्य कोटि के छात्रों को भी सरकार अपने खजाने से मदद करेगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा घोषित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के परिणाम में बिहार के छात्रों ने अपना परचम लहराया है राज्य में सबसे अच्छी एक सौ दोवीं रैंक मोतिहारी के यश को मिली है यश ने दिल्ली जोन से परीक्षा दी थी वहीं आईआईटी कानपुर की ओर से जारी परिणाम में पटना के प्रशांत कुमार गुवाहाटी जोन के टॉपर बने हैं पटना के ही ऋषि रंजन को इसी जोन में दूसरा स्थान मिला है इसके साथ ही जोन के पहले पांच टॉपरों में से चार बिहार के हैं छात्रा वर्ग में पटना जिले के अथमलगोला की रहने वाली प्रांजल पहले स्थान पर रही है परीक्षा के परिणाम के बाद शुक्रवार से सीटों को आवंटन शुरू हो जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परिणाम घोषित होने के बाद स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है अब छात्र छात्राएं आज से उन्नीस जून तक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं इंटरमीडिएट की कॉपियों की स्क्रूटनी में नीट और जेईई में उत्तीर्णता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी इसके लिए ऐसे छात्रों को नीट और जेईई में उत्तीर्णता का प्रमाण आवेदन के साथ देना होगा मुजफ्फरपुर जिले के कुढनी थाना क्षेत्र के चंद्रहटी स्थित एसबीआई की शाखा से उन्नीस लाख रुपये की लूट के मामले पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लूटकांड का उद्भेदन हुआ हाजीपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया की गिरफ्तार अपराधी के पास से तीन लाख चौहत्तर हजार रुपये नकद एक देशी पिस्टल और एक मोबाइल को जब्त किया गया कॉमनवेल्थ गैम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली श्रेयसी सिंह को कल पटना में सम्मानित किया जायेगा इस बीच सामाजिक और सांस्कृति संस्था ने श्रेयसी को बिहार का ब्रांड अम्बेसडर बनाये जाने की राज्य सरकार से मांग की है पूर्णियां के डीएसए मैदान में खेली जा रही रणधीर वर्मा अन्डर नाईनटीन क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पटना ने औरंगाबाद को उन्नीस रन से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है कल फाइनल में पटना और भागलपुर के बीच खिताबी भिड़ंत होगी समस्तीपुर में एकता क्रिकेट क्लब ने राज्य के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को रामचंद्र चौधरी मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया सम्मान पाने वालों में क्रिकेट प्रशासक अजय नारायण शर्मा पूर्व रणजी खिलाड़ी सुनील कुमार राम कुमार शामिल हैं औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र के धमनी सोन नदी बालू घाट से अवैध उत्खनन कर रहे पचास ट्रैक्टरों को जिला प्रशासन ने जब्त किया है जब्त किए गए सभी ट्रैक्टर सोन नदी से बालू की अवैध ढुलाई करने में लगे हुए थे पटना पुलिस ने गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अहरा इलाके में स्थित एक ठिकाने से लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह के नौ अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो पिस्तौल कुछ कारतूस दो चाकू और गांजा बरामद किया गया है राजधानी पटना समेत आस पास के इलाकों में लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जारी अभियान में पुलिस ने कुख्यात अपराधी मुन्ना केवट को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने राजद के अन्दरूनी विवाद को सुर्खी बनाते हुये लिखा है पूर्वे पर आमने सामने आये तेजप्रताप और तेजस्वी दैनिक जागरण की सुर्खी है राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार का निजी क्षेत्र के लोगों के लिए आमंत्रण यूपीएससी उत्तीर्ण किये बिना बनें संयुक्त सचिव दैनिक भास्कर ने एक सकारात्मक खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुये लिखा है कश्मीर घाटी में मैदान के रास्ते राह पर लौट रहे युवा सालभर में साठ हजार बच्चे स्पोर्ट्स इवेंट में उतरे दो सौ नवासी मेडल जीत लाए प्रभात खबर ने जेईई एडवांस रिजल्ट को सुर्खी बनाते हुये लिखा है गुवहाटी जोन के पांच में से चार टॉपर बिहार के पटना के प्रशांत बने स्टेट टॉपर प्रंजल सिंह लड़कियों में अव्वल

राज्य में अगले दो दिनों में मॉनसून का भी होगा प्रवेश

सीतामढ़ी जिले में एक लाख बीस हजार शौचालयों का होगा निर्माण